श्री मोदी ने बिहार में जांच बढ़ाने पर दिया जोर

संक्रमितों की संख्या बढ़कर छियासी हजार आठ सौ बारह हुई

पचहत्तर लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है प्रधानमंत्री ने बिहार सहित दस राज्यों में जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है

जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन दस राज्यों में ही हैं इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन दस राज्यों के एक साथ बैठकर के हम समीक्षा करें चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रेक्टिसेज है उन्होंने किस किस प्रकार के नये इनिशिएटिव लिये हैं वे सबके ध्यान में आए क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने समझने को मिला है प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच का नेटवर्क बढ़ाने के अलावा आरोग्य सेतु एप से भी संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाने से संक्रमण पर नियंत्रण और निगरानी में मदद मिली है

इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं हमारे एवरेज फैटेलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले कम था संतोष की बात है कि लगातार और कम हो रहा है एक्टिव केसेज का प्रतिशत कम हुआ है रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है सुधरता जा रहा है तो इसका अर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड उन्नीस की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के रिकॉर्ड चार हजार इकहत्तर नये मामले सामने आये हैं एक दिन में सामने आये मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है संक्रमितों की संख्या बढ़कर छियासी हजार आठ सौ बारह हो गयी है आज सबसे अधिक पांच सौ बावन मामले पटना से दर्ज किये गये हैं पटना में पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर चौदह हजार चार सौ छियालीस हो गयी है बेगूसराय से दो सौ पच्चीस पूर्वी चंपारण से दो सौ आठ भागलपुर से एक सौ पंचानवे गया से एक सौ बहत्तर कटिहार से एक सौ चौंसठ बक्सर से एक सौ बासठ मधुबनी से एक सौ तैंतालीस मुजफ्फरपुर से एक सौ चौबीस अररिया से एक सौ तेईस और रोहतास से एक सौ इक्कीस मामले सामने आये हैं इसके अलावा पूर्णिया से एक सौ उन्नीस समस्तीपूर से एक सौ सत्रह पश्चिम चंपारण से एक सौ बारह सारण से एक सौ छह और वैशाली से एक सौ तीन मामले पॉजिटिव पाये गये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में तिरासी हजार तीन सौ चौदह नमूनों की जांच की गयी राज्य में अब तक ग्यारह लाख अस्सी हजार पांच सौ छियासठ नमूनों की जांच हो चुकी है एक दिन में दो हजार नौ सौ रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी अब तक संतावन हजार उनतालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर छियासठ प्रतिशत है वहीं पिछले चौबीस घंटे में पन्द्रह लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार सौ पैंसठ हो गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में आज कोविड उन्नीस से संक्रमित नये मामलों की संख्या पचपन हजार से नीचे चली गई इससे पहले चार दिन से रोजाना साठ हजार से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे कोविड से स्वस्थ होने की दर उनहत्तर दशमलव आठ शून्य प्रतिशत हो गई है मृत्यु दर घटकर दो प्रतिशत से नीचे चली गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब देश में कोरोना से मृत्यु दर एक दशमलव नौ नौ प्रतिशत रह गई है

अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली नई दिल्ली के सीताराम भरतीया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर अमर चंद बजाज ने कोविड संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया है

तब तक हमें जो प्रीक्योशनरी मेजर्स है वो फोलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकले कोशिश करे कम से कम बाहर निकलना और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि केन्द्र सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान लोगों के पलायन को रोकने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है श्री कुमार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों की स्किल मैपिंग से इस योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराना आसान हुआ है वेबिनार को बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और आर ओ बी के अपर महानिदेशक एस के मालवीय ने भी संबोधित किया उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिन्दू अविभाजित परिवार की पैतृक सम्पत्ति में बेटी का भी बेटे की तरह समान अधिकार होगा भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम दो हजार पांच के लागू होने के पहले ही उसके पिता की मृत्यु क्यों न हो गयी हो न्यायमूर्ति अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हिन्दू उत्तराधिकार कानून में किये गये संशोधन की व्याख्या करते हुए यह फैसला दिया न्यायमूर्ति मिश्र ने अपने फैसले में कहा कि एक बेटी जीवन भर के लिए बेटी होती है इसीलिए उसे पिता की सम्पत्ति में पूरा अधिकार है नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सोलह जिलों के एक सौ छब्बीस प्रखंडों की एक हजार दो सौ साठ पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं पचहत्तर लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रभावित क्षेत्रों से पांच लाख से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में सात राहत शिविर और एक हजार दो सौ चार सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे घट रहा है लेकिन स्थिति में कोई बहुत अंतर नहीं आया है

बाढ़ के कारण पन्द्रह हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि में लगी फसल नष्ट हो गयी है इधर समस्तीपुर शहर के न्यू कॉलोनी धरमपुर काशीपुर और बीएड कॉलेज मुहल्ला बारिश के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गये है जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों के बीच अब तक पन्द्रह करोड़ रुपये राशि का वितरण किया जा चुका है आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का पानी उतरने लगा है जिससे स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है इन क्षेत्रों में महामारी का खतरा बढ़ गया है सारण जिले के अमनौर प्रखंड के महरूआ गांव में रायपुरा और रसुलपुर को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है वहीं जिले के तरैया में सड़कों से पानी उतरने लगा है सरयू नदी के जलस्तर में गिरावट के बाद सिवान जिले के ग्यासपुर स्थित गैवियन में कटाव हो रहा है है दहा नदी के जलस्तर में कमी होने से बांधों और सड़कों पर कटाव जारी है सुपौल सहरसा और मधेपुरा जिले में भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अलौली प्रखंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए वोट एम्बुलेंस की शुरूआत की गयी है इस एम्बुलेंस में डॉक्टरों की टीम के साथ साथ जीवन रक्षक उपकरण भी उपलब्ध है प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में कमी आयी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक बूढ़ी गंडक बागमती कमला बलान कोसी महानंदा और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर तेजी से घट रहा है हालांकि अब भी अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं ब्रढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर के रोसड़ा में अब भी खतरे के निशान से लगभग तीन मीटर ऊपर बनी हुई है वहीं अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के एकमी घाट में लाल निशान से लगभग दो मीटर ऊपर है वहीं अररिया में परमान नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है गंगा का जलस्तर भी पटना और भागलपुर में घट रहा है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि बाढ़ के कारण किसानों को हुई फसल क्षति का अधिकतम साढ़े तेरह हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जायेगा श्री कुमार आज पश्चिम चंपारण में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग आठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है श्री कुमार ने कहा कि अधिकारियों को फसल क्षति के आकलन के निर्देश दिये गये हैं कृषि मंत्री ने बताया कि पश्पालन विभाग के अधिकारियों को शिविर लगाकर पश्पचारा और दवा वितरण करने को कहा गया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जतायी है मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि इस दौरान एक दो जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है

कहिटार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बलिया बेलोन थानाध्यक्ष समेत दस अवर निरीक्षकों को स्थानांतरण कर दिया है

इनमें से दो की स्थिति गंभीर बतायी जाती है शेखपुरा जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है सीतामढ़ी जिले को धुम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है अब जिले में बिना आदेश के बीड़ी सिगरेट का क्रय विक्रय अपराध होगा

श्री मोदी ने बिहार में जांच बढ़ाने पर दिया जोर

संक्रमितों की संख्या बढ़कर छियासी हजार आठ सौ बारह हुई

पचहत्तर लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में